आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

खेलो इंडिया युवा खेलो के दूसरे संस्करण का आज आधिकारिक तौर पर शुभारंभ होगा

श्री गांधी अब से कुछ देर पहले जयपुर पहुंचे रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित राज्यमंत्रिमंडल के कई सदस्य भाग ले रहे है रैली को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उप मुख्यमंत्री सचिन पयलट ने कहा कि रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है

यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधे भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा

ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और विधेयक सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर प्रदान करेगा

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एसएबोब्डे एनवी रमन्ना उदय यू ललित और डीवाईचंद्रचूड़ शामिल होंगे संविधान पीठ कल से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी

जोधप्र में स्वाइन पलू की गंभीरता को लेकर संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता ने भी अधिकारियों की बैठक आयोजित की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये उधर जयपूर जिला कलक्टर ने जिले में मौसम परिवर्तन के कारण जयपूर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्वाईन फ्लू की रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये है

शहर भाजपा के महामंत्री ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पार्टी के सभी सातो मोर्चो को लोकसभा चुनाव तक के कार्य का रोड़मैप इस कार्यशाला मे तय किया जायेगा और मोर्चो के माध्यम से समाज के विभिन्न घटको तक पार्टी की रीति नीति और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जावेगा

इस दौरान वे स्थानीय सरपंच जन प्रतिनिधियों और आम जनता से संवाद कर ग्राम पंचायत क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं और परिवेदनाओं को दर्ज करेंगे

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयप्र में यह जानकारी दी

शेष किसानों को जल्द ही भूगतान करवाया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए समारोह को सम्बोधित करेंगे

युवा ओलिम्पिक में गोल्ड मेडल विजेता स्टार शूटर मनु भाकर और सौरम चौधरी तथा भारोत्तलक जर्मी लाल रिनुंगा भारत के प्रतिभाशाली युवा खिलाडियों में से एक होंगे जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे इस प्रतियोगिता में तीन दस वर्षीय खिलाड़ी झारखंड की फुटबाल खिलाड़ी प्रतिमा कुमार मिजोरम से हॉकी खिलाड़ी मिजोरम से लाल्त लांचुगी और पश्चिम बंगाल के एयर राइफल शूटर अभिनव शॉ पहली बार इतने बड़े स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे

ध्रंघ और नम हवाओं की वजह से सर्दी का असर तेज हो गया है